प्रधानमंत्री ने ट्वीटर पर संदेश में कॅहा कि वे युवा लाभार्थियों से मिलने के लिए उत्सुक हैं

उन्होंने कहा है कि जिलों को योजना और कार्यान्वयन की इकाइयों के तौर पर लिया जाना चाहिए ताकि सूक्ष्म स्तर पर बदलाव लाया जा सके श्री प्रभू कल नई दिल्ली में आर्थिक विकास में जिलों की भूमिका संबंधी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जिला स्तर पर योजनाएं बनाई जानी चाहिए

ये विमान सुबह साढ़े आठ बजे दिल्ली पहुंचा इधर सवाईमाघोप्र और नई दिल्ली के बीच भी आज से हवाई सेवा शुरू हो रही है सामान्य प्रशासन और सिविल एविएशन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने बताया कि सवाईमाधोपुर को पहली बार हवाई सेवा से जोड़ा गया है जबकि कोटा के लिए पहले ही जयपुर से हवाई सेवा शुरू की जा चुकी है उन्होंने बताया कि राजस्थान वर्तमान में देश में सबसे अधिक शहरों के बीच वायुसेवा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है

यूरोलॉजी विभाग के चिकित्सकों ने कल एक ही दिन में तीन मरीजों की रोबोटिक सर्जरी की उन्होंने इसे दूरबीन सर्जरी से ज्यादा एडवांस और स्पष्ट बताया इसमें समय की बचत और रक्तस्त्राव कम होने जैसे फायदे सामने आए

समारोह की तैयारियों के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ अरूण चतुर्वेदी ने कल जयपुर में समीक्षा बैठक की उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय पर काम पूरे करने के निर्देश दिए उन्होंने बताया कि इस अवसर पर डॉ अम्बेडकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी

मुख्य सचिव एन सी गोयल ने कल जयपुर में वीडियों कान्फ्रेंस के जरिये जिला कलेक्टरों से बात करते समय यह जानकारी दी

इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान की ओर से जयपुर में समारोह आयोजित किया जायेगा प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें पुष्पाजंलि अर्पित की जा रही है

सीमा शुल्क विभाग को ऑक्सिटोसिन की तस्करी के किसी भी प्रयास को रोकने को कहा गया है दूध का उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों का आकार बड़ा करने के लिए इसके दुरूपयोग के मामले सामने आए थे केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग ने ऑक्सिटोसिन को किसी भी नाम से आयात करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है ऑक्सिटोसिन की सभी वास्तविक जरूरतें घरेलू उत्पादन से पूरी की जाएंगी

श्री चारण तीन साल के लिये यहां कुलपति रहेंगे डॉ चारण राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में डीन हैं

राजस्थान की टीम दो साल के निलंबन के बाद आईपीएल में लौटी है और अपने घरेलू मैदान जयपुर में पहला मैच खेलने जा रही हैं राजस्थान क्रिकेट संघ भी हाल के समय में उथल पुथल के दौर से गुजरा था और काफी मशक्कत के बाद उसे आईपीएल मैचों की मेजबानी की मंजूरी मिली थी राजस्थान को अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों नौ विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा था जबकि दिल्ली की टीम आठ अप्रैल को मोहाली में किंग्स इलेवन पंजाब के हाथों छह विकेट से मात खा गयी थी दोनों ही टीमें इस मैच में जीत हासिल करने के लिये पूरा जोर लगा देंगी